संसद के केंद्रीय कक्ष में एनडीए के नेताओं को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें अल्पसंख्यकों विश्वास जीतना होगा जिनकी पूर्व में अनदेखी की गई है और उनका उपयोग चुनाव में केवल वोट बैंक के रूप में हुआ है नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरीके से गरीबों को ठगा गया उसी तरह अल्पसंख्यकों को भी ठगा गया उन्होंने कहा कि यह अच्छा होगा अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाए नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का एक नया नारा दिया शिमला के रोहडू से सांगला वैली की ओर ट्रैकिंग में निकले पर्यटकों की खोज में आई टीबीपी पुलिस और होमगार्ड का एक दल रूपिन वैली में खोज अभियान चलायेगा

घायल ट्रैकरों कोएयरलिफ्ट करने के लिए हैलीकॉप्टर मंगवाया गया है ताकि उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा प्रदेश के चारों नव निर्वाचित सांसदों किशन कपूर अनुराग ठाकुर रामस्वरूप शर्मा तथा सुरेश कश्यप कल दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री समेत चारों सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया

जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल में खाली हुए मंत्रियों के दो पदों पर नई नियुक्तियों के बारे में भी केंद्रीय नेताओं से चर्चा कर सकते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नन्दा ने कल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग के फोरलेन परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने संबंधित विभागों द्वारा राजमार्ग के निर्माण में आने वाली सभी समस्याओं और बाधाओं पर चर्चा की

उन्होंने कहा कि राजमार्गो के निर्माण के लिए निजी संपत्तियां जोकि राइट ऑफ वे से बाहर स्थित है को लेकर नुकसान की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिसके लिए एनएचएआई द्वारा मुआवजे के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं किया गया है ऐसे मामलों में नुकसान का मूल्यांकन कर जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा

उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इस बार ग्रीष्मोत्सव कार्निवाल के रूप में आयोजित होगा उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक संध्याओं के साथ साथ ग्रीष्मोत्सव में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी उपायुक्त ने बताया कि इस दौरान रिट्ज़ व गेयटी थियेटर में हिमाचली फिल्में भी दिखाई जाएंगी प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जेबीटी टीजीटी भाषा अध्यापक शास्त्री पंजाबी व उर्दू की टैट परीक्षाएं अगले महीने ली जाएंगी

अखबारों की सुर्खियों आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग ने किन्नौर के सांगला में फंसे ट्रैकरों से जुड़ी खबर को को प्रमुखता दी है

ग्रुप लीडर को वायुसेना के चॉपर से किया रेस्क्यू रामपुर अस्पताल में भर्ती

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं बर्फबारी से किन्नौर की चोटियों पर फंसे ट्रैकर एक की गई जान दिव्य हिमाचल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है बड़े प्रशासनिक फेरबल की तैयारी जयराम सरकार अगले महीने से तबादलों की बौछार के मूड में अमर उजाला के अनुसार आचार संहिता हटते ही सूबे में होगा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

पंजाब केसरी की खबर है छात्रवृति घोटाला सीबीआई ने शिमला पुलिस से मांगा रिकार्ड दैनिक जागरण की खबर है नीरज भारती व भाजपा कायर्कताओं में हाथापाई अमर उजाला लिखता है सोशल मीडिया पर बहस के बाद पूर्व सीपीएस और भाजपा कार्यकर्ता भिड़े दैनिक भास्कर की सुर्खी है कांग्रेस सरकार में सीपीएस रहे भारती को भाजपा कार्यकर्ता ने मारा थप्पड़ दैनिक जागरण की एक खबर है शोघी में पानी के टैंक में करंट लगने से दो मजदूरों की मौत आपका फैसला की खबर है चारों सांसदों व मुख्यमंत्री ने एक दूसरे को दी बधाई नई दिल्ली में संसदीय दल की बैठक में हुए शरीक दैनिक सवेरा टाईम्स के अनुसार सांसदों के साथ दिल्ली पहुंचे जयराम